श्रद्धांजलि देने के लिये उमड़ा जन सैलाब

बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से पांच और लोगों की मौत

और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद बिहार निवासी सेना के चार जवानों का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न हो गया इस दौरान शहीद जवानों के पैतृक गांवों में अंतिम दर्शन के लिये लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा भोजपुर जिले के जगदीशपुर निवासी चंदन कुमार का अंतिम संस्कार जिले के ज्ञानपुर में बनास नदी के तट पर किया गया इस अवसर पर राज्य के मंत्री प्रेम कुमार और विनोद सिंह सहित विभिन्न दलों के नेता और सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे इससे पहले जगदीशपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने पर लोगों ने अंतिम विदाई दी समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहीद जवान अमन कुमार का अंतिम संस्कार मोहिउद्दीननगर के सुल्तानपुर में गंगा घाट पर किया गया जवान के छोटे भाई रोहित ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी इस अवसर पर योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी के अलावा विभिन्न दलों के नेता प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की इधर अमन कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके पैतुक गांव सुल्तानपुर पहुंचा तो गमगीन माहौल के बीच लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये वहीं शहीद जवान जयकिशोर सिंह की अंत्येष्टि वैशाली जिले में महनार प्रखंड के हसनपुर में गंगा नदी के किनारे तीनमुहानी घाट पर की गयी इस अवसर पर राज्य के मंत्री नंद किशोर यादव स्थानीय विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कई अधिकारी उपस्थित थे शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज सुबह जिले के जंदाहा प्रखंड के चकफतेह गांव पहुंचने पर लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की इधर सहरसा जिले के निवासी सेना के जवान शहीद कुंदन कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव आरण में किया गया इस अवसर पर मंत्री विनोद नारायण झा रमेश ऋषिदेव सांसद दिनेश चंद्र यादव के अलावा स्थानीय विधायक सेना प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झडप में देश के लिए बलिदान होने वाले राज्य के पांच शहीदों के परिवारों को छत्तीस छत्तीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है प्रत्येक परिवार को छत्तीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी इस राशि में पच्चीस पच्चीस लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से जबकि ग्यारह ग्यारह लाख राज्य सरकार की ओर से दिये जायेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिये जाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए खगड़िया के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवनयापन के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश झारखंड और ओडीशा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि लोगों को उनके घर के पास काम उपलब्ध कराया जा रहा है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच लोगों की इस महामारी से मृत्यू की प्रष्टि हुई है वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात हजार एक सौ अठहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बक्सर में सबसे अधिक छत्तीस पॉजिटिव पाए गए हैं इसके बाद सारण में सत्रह दरभंगा में चौदह पटना में तेरह समस्तीपुर में दस तथा बांका गोपालगंज जहानाबाद और नवादा में सात सात लोग कोविड उन्नीस से संक्रमित हुए हैं बेगूसराय भागलपुर नालंदा वैशाली शेखपुरा औरंगाबाद कैमूर किशनगंज पूर्णिया और सीतामढ़ी में भी मामले पाये गये हैं अब तक पांच हजार अंठानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में एक लाख पैंतालीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख अस्सी हजार से अधिक हो गयी है इस महामारी से अब तक बारह हजार पांच सौ तिहत्तर लोगों के मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमितों में से अब तक लगभग चौवन प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं दो लाख चार हजार पांच सौ ग्यारह लोग स्वस्थ हुए हैं एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफी कुछ देखते सुनते है इसमें कुछ अप्रष्ट जानकारी भी होती हैं इस प्रकार की जानकारी उनकी चिंताए बढ़ा देती है और मनोविकार को जन्म देती है उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे पुष्ट और विश्वसनीय जानकारी के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे माध्यमों को देखें और सुनें साउंड बाइट जब भी आपको कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रिलायबल न्यूज चाहिए आपको एक न्यूज चाहिए जिसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो आप दूरदर्शन देखिए टीवी पे या ऑल इंडिया रेडियो सुनिए अपने रेडियो पर वहीं से आपको एक ऐसी खबर मिलेगी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके ऊपर कोई मार्केटिंग इन्पलयूएन्स नहीं हो जिसका कोई और कारण नहीं है जिसकी कोई एक दायीं या बायीं ब्रांडिंग नहीं है तो जब भी आपको न्यूज सुननी है जब भी आपको न्यूज देखनी है आप दूरदर्शन देखिए पॉजिटिव पाये जाने के बाद राजद उपाध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के संपर्क में आये सौ से अधिक लोगों के सैंपल लिये गये हैं श्री सिंह के वैशाली जिले में स्थित शाहपुर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है रोहतास जिले में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में कोविड उन्नीस संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके बाद उसे आईसोलेशन में भेज दिया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नन्द कुमार ने लोगों से कहा है कि वे घर से बाहर निकलते समय विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें

जैसे डब्ल्यूएचओ ने कहा जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेत्थ है जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वह भी कह रही है कि आप फेशमास्क का उपयोग करें आप अपना हाथ जब भी आप कुछ बाहरी चीज को छूएँ तो उसको साबून से धोए या सैनिटाइजर से साफ करें जब भी किसी को खासी होती है उससे दूरी बनाकर रखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिये पटना के पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में बनाये गये उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया एक सौ बेड वाले इस केन्द्र का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बोर्डर ने किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर बिहार की सभी अदालतों में वर्च्यअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था आठ जुलाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए इसके तहत सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाया गया है मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से ज़ुड़ें लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वनिधि योजना पहली ज़ुन को शुरू की थी इस योजना का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत पचास लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है रेहड़ी पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के तहत दस हजार रूपये तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं ऋण की किस्त एक वर्ष की अवधि में प्रतिमाह चुकानी होगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखीसराय में डेढ़ सौ मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी पटना में अस्सी मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है इसके अलावा अरवल मुजफ्फरपुर छपरा मढ़ौरा पुनपुन किशनगंज गोपालगंज और जहानाबाद में साठ मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकार्ड की गयी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले तीन दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गयी है इधर राज्य के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है पटना के निचले इलाकों राजेन्द्र नगर कंकड़बाग बहादुरपुर में बारिश के चलते कई स्थानों पर भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना शहर के कई क्षेत्रों का दौरा कर जल जमाव और जल निकासी की स्थिति का जायजा लिया मॉनसून के अच्छे प्रदर्शन से कृषि कार्यों में तेजी आयी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि किसान अपने खेतों में धान की रोपनी कर रहे हैं राज्य की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है मुजफ्फरपूर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से औराई और कटरा प्रखंड में तटबंधों पर दबाव बढ़ा है वहीं गायघाट प्रखंड में कई स्थानों पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है इससे पिपराही प्रखंड के दोस्तीया गांव के पास नदी के दोनों किनारों पर तेज कटाव हो रहा है इधर पूर्वी चंपारण जिले में लालबकैया नदी पर भारतीय क्षेत्र में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य को नेपाल की ओर से रोक लगा दी गयी है जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत से समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है अरवल नगर परिषद के उपाध्यक्ष ज्योति रंजन को विश्वास प्रस्ताव में हार के बाद कुर्सी गंवानी पड़ी है पच्चीस सदस्यीय नगर परिषद् में तीन सदस्यों ने ज्योति रंजन का समर्थन किया वहीं इनके विरोध में सत्रह वोट पड़े बक्सर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ हेरोईन के तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को एक वर्ष जेल की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनायी है रोहतास जिले में अज्ञात अपरधियों ने सासाराम नगर थाना क्षेत्र के मदार दरवाजा के पास एक व्यवसायी से तीन लाख चालीस हजार रूपये लूट लिये मुजफ्फरपुर जिले में अनलॉक के द्रसरे चरण में लंबे अंतराल के बाद आज पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण की शुरूआत की गयी पूर्वी चंपारण जिले में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार चल रहे नक्सली रामचंद्र महतो को दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से गिरफ्तार किया गया

श्रद्धांजलि देने के लिये उमड़ा जन सैलाब

बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से पांच और लोगों की मौत

और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश